उन्होंने कहा कि इससे देश के एक सौ तीस करोड़ लोगों का भविष्य बेहतर होगा प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को संबोधित कर रहे थे सधे विकास की गति बढ़ाने के लिए आम तौर पर चार बातों पर ध्यान जाता है टैक्स रेट में कमी ईज आफ डूइंग द विजनेस में सुधार लेबर रिफॉर्मस और डिसइन्वेस्टमेंट इन समी पहलुओं पर सरकार ने जो कदम उठाएं हैं वो बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाने वाले हैं इसी साल पर्सनल टैक्स को लेकर हमने बड़ा फैसला लिया और पांच लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मूल प्रशासनिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का दौर आ गया है और बेहतर सुशासन के लिए लोगों के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पहले की वायदों की राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की राजनीति में विश्वास करती है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के एक सौ बारह आकांक्षी जिलों के विकास पर काम कर रही है इसके लिए विकास और सुशासन के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

जब यहां के लोगों का भविष्य सुधरेगा तो भारत का भविष्य अपने आप सुधरता दिखेगा श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए हाल ही में फैसला किया गया है इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले चालीस लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा हाल में मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिकता संशोधन विवेयक को मंजूरी दिये जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार लोगों को भारतीय नागरिकता देने से उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा श्री मोदी ने कहा कि अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले अनेक आशंकाएं प्रकट की जा रहीं थीं लेकिन देश के लोगों ने ऐसी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय पर श्री मोदी ने कहा कि इससे बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती मिली है उन्नाव में जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता की हालत बेहद गंभीर है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि पीड़िता को वेंटीलेटर पर रखा गया है और डॉक्टरों का एक दल उसे बचाने का पुरा प्रयास कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश पुलिस को इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुये प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को पत्र लिखकर अब तक की गयी कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट मांगी है कल सुबह उन्नाव जिले के बिहार क्षेत्र में जमानत पर रिहा आरोपियों ने महिला को जलाकर मारने का प्रयास किया था बेहतर इलाज के लिए कल उसे हवाई एम्ब्लेंस के जरिए लखनऊ से दिल्ली ले जाया गया था इस बीच प्रदेश के पूलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने राज्य के समी पूलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे दक्कर्म पीड़ित महिलाओं के घर जाकर उनकी सुरक्षा की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार उन्हें सुरक्षा मुहैया करायें राष्ट्र आज भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के चौसठवें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की श्री योगी ने कहा कि यह वर्ष बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की स्मृति का महत्वपूर्ण वर्ष है उन्होंने कहा कि संविधान शिल्पी के रूप में बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवन की साधना को संविधान के लिये समर्पित किया था कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्वा सुमन अर्पित किये बहजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर मात्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आज भारत रत्न बाबा साहेब को श्रद्वांजलि देने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये राम जन्म भूमि बादरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद आज छह दिसम्बर को अयोध्या में आम जनजीवन पूरी तरह सामान्य है कल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अयोध्या में रूट मार्च निकाला उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद से ही अयोध्या में इस माह की पंद्रह तारीख तक धारा एक सौ चौवालीस लागू है